इनमें सतहतर लाख से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं जिन्हें पहली डोज लगायी गयी है अडतालीस लाख से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मियों को टीके की दूसरी डोज दी गयी है अग्रणी कार्यकर्ताओं में अस्सी लाख से ज्यादा को पहली डोज और पचीस लाख से ज्यादा को दूसरी डोज मिल चुकी है अब तक साठ वर्ष से अधिक उम्र के एक करोड़ उनहत्तर लाख से अधिक लोगों को और अन्य रोगों से ग्रस्त पैतालीस वर्ष से अधिक उम्र के पैंतीस लाख से अधिक लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत कल सोलह लाख बारह हजार से ज्यादा लोगों को टीके लगाये गये स्वास्थ्य विभाग ने कल से पूरे राज्य में पंचायत स्तर तक करोना टीकाकरण का विशेष अभियान शुरू किया है इसके तहत राज्य के लगभग आठ सौ पंचायतों में टीकारण शुरू किया गया इस अभियान के तहत कल एक दिन में रिकॉर्ड एक लाख बीस हजार पांच सौ अट्ठाईस लोगों को टीके का पहला डोज दिया गया प्रदेश में अब तक का एक ही दिन में किया गया यह सबसे बड़ा टीकाकरण है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल एक लाख तैंतालीस हजार लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसमें चौरासी प्रतिशत पूरा कर लिया गया कल हुए टीकाकरण अभियान में साठ वर्ष से अधिक आयु के नियांनावें हजार तीस बुजूर्गों ने टीका लिया वहीं पैतालीस से उनसठ वर्ष के सोलह हजार छह सौ पचासी लोगों ने भी टीका लिया दूसरी ओर चार हजार आठ सौ तेरह हेल्थ और फ्रंट लाइन वर्कर को भी टीका लगाया गया

इसके लिए सभी जिलों की पंचायतों में टीकाकरण केन्द्र बनाया गया है झारखण्ड में एक बार फिर कोरोना संकमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे है कल राज्य भर में एक सौ तेईस नये कोरोना संक्रमित मिले इसमें संतावन रांची के हैं राज्य भर में कल बारह हजार दो सौ बाईस सैम्पल की जांच हई रांची में एक हजार चार सौ तीन सैम्पल की जांच की गई इसमें चार दशमल शून्य छह प्रतिशत संक्रमित मिले वर्तमान में राज्य में सकिय मरीजों की संख्या सात सौ बाईस है इसमें तीन सौ सतासी सक्रिय मरीज रांची में हैं

जमशेदपुर में लगातार कुछ दिनों से कोरोना के कई मामले सामने आए हैं जहां कई दुकानें भी सील हुई है पिछले कुछ दिन पहले तक कोरोना के मामला ना के बराबर जमशेदपुर में हो गए थे लेकिन फिलहाल सेकंड वेब दिखता हुआ नजर आ रहा है भारत ने सार्वभौमिक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है इक्कतीस मार्च तक सतर हजार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्र शुरू करने का लक्ष्यं समय से पहले ही पूरा कर लिया गया है लगभग एकतालीस करोड़ पैंतीस लाख लोगों ने इन केन्द्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का लाभ उठाया है इनमें से चौवन प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं

कोविड महामारी के बावजूद केन्द्र और राज्यों के बीच बेहतरीन समन्वय के कारण ही समय से पूर्व ही केन्द्र खोलने के लक्ष्य को पूरा किया जा सका है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवाय परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि नई नगर वन योजना शहरी वनों के विस्तार में मदद करेगी आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि इस योजना से शहरों और गांवों में वन क्षेत्रों का अलग अलग समान रूप से विकास हो सकेगा उन्होंने भारत के लगभग हर ग्राम समूह के आसपास वन क्षेत्रों के विकास और उनकी देखभाल की परंपरा नगर वन योजना के पहले चरण में दो सौ शहरों में ये नगर वन विकसित किए का उल्लेख किया

उन्होंने कहा कि यहा अध्ययन कर रहे हजारों छात्र देश की सांस्कृतिक एकता के प्रतीक हैं दीक्षांत समारोह के दौरान तीन प्रमुख व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री से सम्मानित किया राष्ट्रपति राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा संचालित इस्पात जनरल अस्पताल में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे दो सौ बिस्तर के अस्पताल में न्यूअरोलॉजी न्यूरो सर्जरी कार्डियोलॉजी और नैफ्रोलॉजी आदि की सुपर स्पेमशियलिटी सुविधाएं हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस वर्ष जनवरी के महीने में तेरह लाख छत्तीस हजार नए अंशधारक जोड़े श्रम और रोजगार मंत्रालय से भविष्य निधि संगठन के अंतरिम वेतन विवरण में यह जानकारी दी गई है

इनमें पेटेंट की वैधता समाप्त हो चुकी मधुमेह की दवाएं भी शामिल हैं जिनका उपयोग मधुमेह रोगी कर पायेंगे

इन दोनों पर जीएसटी अलग से देना होगा

झारखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन ने कहा है कि राज्य में डायन बिसाही जैसी प्रथा को खत्म करना संवैधानिक और सामाजिक चुनौती है वे कल झारखण्ड स्टेट लीगल सर्विसेज ऑथोरिटी झालसा की ओर से न्यायसदन डोरण्डा में आयोजित दो दिवसीय राज्यस्तरीय बैठक को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि आधुनिक यूग में डायन बिसाही के नाम पर हत्याए हो रही है इसे रोकने के लिए कानून बने हैं लेकिन उसका सही तरीके से कियान्वयन नहीं हो रहा है रेलवे आगामी होली त्योहार के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा ये रेलगाड़ियां दैनिक साप्ताहिक सप्ताह में दो बार और सप्ताह में तीन बार चलेंगी उत्तर रेलवे ने अट्ठारह नई विशेष रेलगाड़ियों के जोड़े चलाने की घोषणा की है

उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने बताया कि होली के दौरान यात्रियों की भीड़ होने का अनुमान है जिसे देखते हुए उत्तर रेलवे ने इक्कीस से इकतीस मार्च के बीच अट्ठारह जोड़ी अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय लिया है

संगीत नाटक अकादमी और विश्वविद्यालय का संगीत कला और प्रदर्शन संकाय प्रख्यात शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खान की याद में संगीत संध्या अयोजित कर रहे हैं

आज सुबह इसकी जानकारी मिली स्थानीय मुखिया महेश तिग्गा ने बताया कि मूर्तियों की चोरी की जानकारी मिलते ही उन्होंने थाना प्रभारी एवं सदर विधायक मनीष जायसवाल को सूचना दी सूचना मिलते ही पुलिस पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और खोजबीन शुरू कर दी सदर एसडीपीओ महेश प्रजापति ने बताया कि दो बहुमूल्य मूर्तियों की चोरी की सूचना मिली है सभी संभावित क्षेत्र में नाका लगा दिया गया है खोजबीन जारी है उन्होंने कहा कि यहां सुरक्षा व्यवस्था भी मौजूद है किस स्तर पर चूक हुई है इसकी समीक्षा की जाएगी और लापरवाही बरतने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी दो लाख के इनामी एरिया कमांडर सनिका उर्फ चोयता उर्फ मोरहा को खूँटी पुलिस ने गिरफ्तार किया है

उत्कल युवा मंच द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन किया गया कल रात इस कार्यक्रम का शुभारंभ कोल्हान यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक सह वित्त पदाधिकारी प्रभात कुमार पानी द्वारा दीप जलाकर किया गया

इसके साथ ही भारत ने पांच मैचों की यह श्रृंखला तीन दो से जीत ली है अब दोनों टीमें मंगलवार को शुरू हो रही तीन मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में आमने सामने होंगी